पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये पर्यटन कैबिनेट भी बनाई

गौ केबिनेट राज्य सरकार ने गौधन के संरक्षण और संवर्धन के लिए गौ केबिनेट और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये पर्यटन कैबिनेट का गठन किया है गौ कैबिनेट के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे जबकि सदस्य गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा कृषि मंत्री कमल पटेल पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री महेन्द्र सिंह सिसोदिया और पश्पालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल को बनाया गया है इसी तरह पर्यटन कैबिनेट के अध्यक्ष मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान होंगे जबकि लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव वन मंत्री विजय शाह वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा आदिमजाति कल्याण मंत्री मीणा सिंह मांडवे पर्यटन मंत्री ऊषा ठाकुर और पंचायत मंत्री महेन्द्र सिंह सिसोदिया सदस्य होंगे

गौ केबिनेट के गठन से पश्पालक गौ सेवकों कृषकों और खेतिहर श्रमिकों के आर्थिक कल्याण की संभावनाए बढ़ेंगी वहीं पर्यटन के लिये गठित मंत्रिपरिषद समिति से पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है वहीं नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने राज्य सरकार के फैसले पर निशाना साधते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी पूर्व की सभी घोषणाओं को भूलकर फिर से ये नई घोषणाएं कर रहे हैं

प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में सकिय प्रकरणों की संख्या में थोड़ा इजाफा हुआ है

वहीं कल से मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ विशेष अभियान शुरू किया जाएगा

उन्होंने लोगों से दो गज की दूरी का पालन करने समय समय पर हाथ धोने और मास्क लगाने की अपील की है

आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने कहा कि अकेले उत्तर प्रदेश से साढे छह लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं

यह योजना उन लोगों को ऋण सुविधा प्रदान करती है जो कोविड लॉक डाउन के कारण अपने मूल स्थानों के लिए रवाना हो गए थे इस योजना के लिए मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल भी बनाया गया है मिलावट कार्रवाई मिलावटखोरों के विरूद्व शिकायत के लिये गुना कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने फोन नंबर और व्हाट्सऐप नंबर जारी किए हैं कलेक्टर ने आकाशवाणी के जैरिए कहा है कि जिले के लोग कार्यालयीन समय में सुचना दे सकते हैं उन्होंने कहा कि सूचना देने वालों की जानकारी गुप्त रखी जाएगी

यह पर्व शनिवार सवेरे उदय होते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद संपन्न होगा छठ पर्व सूर्य की उपासना का त्योहार है कल खरना मनाया जाएगा

श्रद्वाल शुक्रवार को अस्त होते हुए सुर्य को संध्या अर्घ्य अर्पित करेंगे इघर प्रदेश में भी छठ पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है जबलपुर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि छठ पर्व पर शहर के नर्मदा घाटों पर पूजन के लिये विशेष इंतजाम किये गए हैं

समाचार संक्षेप में पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा है कि नये सिरे से कांग्रेस कमेटी का गठन किया जाएगा

राज्यमंत्री रामकिशोर कावरे ने इसका शुभारंभ किया

गुना कलेक्टर ने जगनपुर में नवीन आदर्श महाविद्यालय भवन निर्माण कार्य का जायजा लिया

सागर जिले के राहतगढ़ वाटर फाल में पिकनिक मनाने गए पांच लोगो की डूबने से मौत हो गई इनमें से चार के शव कल निकाले गए जबकि एक मृतक का शव आज बरामद हुआ